गुर्जर आरक्षण आंदोलन प्रदेश के कई जिलों में फैला मुख्यमंत्री ने गुर्जर समुदाय से की वार्ता की अपील

वह राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर पूछताछ के लिये जयपुर आए हैं वहीं देर शाम को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और श्री वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी जयपुर पहुंच गई

इससे इस मार्ग पर भरतपुर आगरा अलीगढ धौलपुर हिंडौन और करौली के लिए जाने वाली रोडवेज की बसों के साथ सभी तरह के वाहनों के पहिए थम गये इस मार्ग पर रोडवेज ने बसों का संचालन बंद कर दिया है

वहीं सवाईमाधोपुर से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाला मार्ग भी क्शालीपुरा दर्रा के पास अवरूद्व कर दिया गया दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के मलारनाडुंगर में गुर्जर समाज के सैंकडों लोग लगातार आज पांचवे दिन भी पटरियों पर डटे हुए हैं इसके चलते कई प्रमुख रेल सेवाएं रद्द कर दी गयी हैं और कई रेल सेवाओं के मार्ग में बदलाव कर दिया गया है ऐहतियात के तौर पर मलारनाडूंगर स्टेषन पर पुलिस बल बढा दिया गया है उधर धौलपुर में कल हुई हिंसक वारदात के बाद फिलहाल जिले में शांति है यहां निषेधाज्ञा के चलते जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है

पुलिस महानिदेषक कानून और व्यवस्था एम एल लाठर ने बताया कि आंदोलन के दौरान कहीं से अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है वहीं आरक्षण की मांग को लेकर कल झुंझुनू के खेतड़ी के निजामपुर मोड़ सर्किल पर गुर्जर समाज के लोगों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया घटना की सूचना मिलने पर खेतड़ी सिंघाना बुहाना पचेरीकलां और खेतड़ीनगर थानों से पुलिस बल मौके पर भेजा गया और निजामपुर मोड़ पर तैनात कर दिया गया

दूसरी ओर पर्यटन मंत्री और गुर्जरों के साथ वार्ता के लिये बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य विष्पेंद्र सिंह ने कहा कि गुर्जरों की मांग को लेकर सरकार संवेदनषील है और यदि कर्नल बैंसला की ओर से वार्ता के लिए कोई जवाब आता है तो सरकार वार्ता के लिए तैयार है वहीं मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा कि आंदोलन के कारण लोगों को परेषानी हो रही है उन्होंने कहा कि वार्ता से ही मुद्दों का समाधान निकलेगा इसलिए आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए आना चाहिए

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है गहलोत ने कहा कि लोक देवता देवनारायणजी ने बेसहारा और दीनदुखियों की मदद की और प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था

श्री शाह अपने प्रवास के दौरान जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण और सीकर लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केन्द्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे

केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड की पहल पर हुए इस आयोजन में कल ढाई सौ से अधिक स्थानों पर दौड और रस्सा कशी के रोमांचक मुकाबले हुए

रस्सा कशी के मुकाबलों से महिला और पुरूष वर्ग में श्रेष्ठ आठ आठ खिलाडियों का चयन कर टीमें बनाई जायेगी जो विधानसभा स्तर पर खेलेंगी विधानसभा स्तर पर जीतने वाली टीमें फाइनल में लोकसभा स्तर पर खेलेंगी

यह सेना का इस तरह का आठवां आपदा राहत अभ्यास है जो जयपुर के साथ कोटा और अलवर में भी आयोजित किया जा रहा है